कांग्रेस और भाजपा ने सभी निगमों में अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं दोपहर दो बजे बाद मतगणना होगी इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे

आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है कल नाम वापसी के पर्चे वापस लिए जा सकेंगे

भरतपूर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलमार्ग को बाधित किया हुआ है वहीं बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग भी अवरूद्ध है विभिन्न मांगों को लेकर कल देर रात गुर्जर प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार के वार्ताकार खेल मंत्री अशोक चांदना के बीच हुई दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही

उधर सवाई माधोपुर जिले में भी गुर्जर समाज के लोगों ने कुशाली दर्रा पर जाम लगाकर टोंक चिरगांव हाईवे को बंद कर दिया

उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाने और अधिक भीड़ को एकत्रित नहीं करने जैसे उपायों पर पूरा फोकस रखा जाए

इसके लिए श्रद्वालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा कल जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोगों को आधार कार्ड से मंदिर में दर्शन की अन्मति होगी

साथ ही पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है

कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है